प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधूरी पड़ी मनरेगा योजनाओं की होगी जांच

उच्चतम न्यायालय आज कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा कर सकता है इनमें आधार की संवैधानिक वैधता अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण लाभ देने से संबंधित निर्णय शामिल हैं न्यायालय द्वारा इस सवाल पर भी फैसला सुनाने की उम्मीद है कि क्या अयोग्य ठहराए गए सांसद और विधायक की दोषसिद्धि पर अपीलीय अदालत की रोक से संसद या विधानसभा की उसकी सदस्यता बरकरार हो जाएगी पटना उच्च न्यायालय ने बहचर्चित गर्भाशय घोटाला मामले में राज्य सरकार को पीड़ित महिलाओं को डेढ़ महीने के अन्दर क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले को शर्मनाक बताते हुये बीस से चालीस साल की महिलाओं को ढ़ाई लाख और चालीस साल से ऊपर की महिलाओं को डेढ़ लाख रूपये देने का निर्देश दिया है न्यायालय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश जारी कर वैसे डॉक्टरों और नर्सिंग होम का लाईसेंस रद्द करने को कहा है जिनकी इस मामले में संलिप्तता रही है साथ ही खंडपीठ ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर आरोप पत्र दायर करने का भी निर्देश दिया वर्ष दो हजार बारह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के वैसे लाभार्थियों का गर्भाशय निकाले जाने का मामला प्रकाश में आया था जिन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं थी प्रदेश के विभिन्न जिलों में अध्री पड़ी मनरेगा योजनाओं की जांच की जायेगी इसके लिए अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है सूत्रों ने बताया कि जांच में वैसी योजनाएं भी शामिल होंगी जो पूरी हो चुकी है लेकिन उनमें अनियमितता की शिकायत मिली थी साथ ही साथ मास्टर रोल और योजना पंजी की भी जांच की जायेगी प्रधानमंत्री आवास योजना की मॉनीटरिंग अब मोबाइल एप के माध्यम से होगी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने एनआईसी द्वारा विकसित मोबाईल एप को लान्च किया उन्होंने कहा कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों की आठ स्तरों पर जियो टैगिंग की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि इससे योजना की प्रगति की समीक्षा करने में आसानी होगी राज्य सरकार ने प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के वेतन भूगतान के लिए एक अरब इकतालीस करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी इस राशि से नियोजित शिक्षकों को चार महीने के वेतन का भूगतान किया जायेगा वहीं चीनी मिल कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए एक सौ सत्ताईस करोड़ रूपये की राशि मंजूर की गयी है बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने एक अक्टूबर से बस किराया में बीस से पैंतीस प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का फैसला किया है फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने बताया कि डीजल की बढ़ती कीमत और विभिन्न मदों के टैक्स की दरों में हुई वृद्धि को देखते हुये यह फैसला लिया गया उन्होंने कहा कि यह निर्णय बिहार सरकार के इकतीस अगस्त दो हजार अठारह को जारी अधिसूचना के अनुरूप किया गया है इधर परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा है कि फेडरेशन की ओर से विभाग को किराया बढ़ाने की कोई जानकारी नहीं दी गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिताओं में सफल अभ्यर्थियों को नौकरी में आरक्षण मिलेगा श्री कुमार इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कौशल विकास आज के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण हो गया है और इससे स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि पटना एम्स में दशहरा के बाद बाईस सुपर स्पेशियलिटी ऑपरेशन थियेटर काम करने लगेंगे श्री चौबे पटना एम्स के सातवें स्थापना दिवस समारोह संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अस्पताल के आईसीयू में बेड की कमी को भी जल्द दूर कर लिया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश के सभी पांच सौ चौंतीस प्रखंडों में कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जायेगा इसके अलावा सभी जिलों में आत्मा के अन्तर्गत कृषक समूह खाद्य सुरक्षा समूह और महिला समूह का गठन किया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य में लघु और सीमान्त किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए सरकार सामूहिक कृषि को बढ़ावा दे रही है नगर विकास और आवास विभाग ने पॉलीथिन पर प्रतिबंध से संबंधित अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर लिया है इसके अनुसार पहली बार पॉलीथिन का उपयोग करते हये पकड़े जाने पर आम आदमी पर सौ रूपये का जुर्माना होगा वहीं व्यापारिक उपयोग करते हुये पकड़े जाने पर पहली बार डेढ़ हजार रूपये का जुर्माना देना होगा प्लास्टिक जलाते हुये पकड़े जाने पर दो हजार रूपये से लेकर पांच हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह अधिसूचना प्रभावी हो जायेगी पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर आज दोपहर बारह बजे से काम पर लौट जायेंगे अस्पताल प्रशासन द्वारा सुरक्षा बढ़ाये जाने का आश्वासन दिये जाने के बाद जूनियर डॉक्टरों के संघ ने यह फैसला किया सुरक्षा की दृष्टि से अस्पताल परिसर में अलार्म लगाया जायेगा पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि जूनियर डॉक्टरों की अधिकतर मांगे मान ली गयी हैं रेलवे द्रर्गा पूजा से छठ के बीच नौ जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा बिहार आने के लिए कंफर्म टिकट नहीं मिल पाने के कारण रेलवे ने बिहार के विभिन्न स्थानों सहित वाराणसी दिल्ली और गोरखपुर से स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया है दिल्ली लखनऊ दरभंगा ट्रेन दिल्ली से हर सोमवार और गुरूवार को उनतीस नवम्बर तक चलेगी

विलंब शुल्क के साथ उनतीस सितम्बर से चार अक्टूबर तक फार्म भरा जा सकता है प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह कमजोर पड़ गया है मौसम विभाग के अनुसार कल से मॉनसून की सक्रियता पूरी तरह समाप्त हो जायेगी इसके चलते लोगों को आने वाले दिनों में धूप में तीखेपन का एहसास होगा सुजन घोटाला मामले के आरोपी बैंक कर्मी मोहम्मद सरफराजउद्दीन ने पटना स्थित सीबीआई अदालत में आत्मसमपर्ण कर दिया है न्यायालय ने उसे तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र में पिछले दिनों श्रम विभाग के अवर सचिव राजीव कुमार की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी राहुल को कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है रेलवे की ग्रूप डी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में दो अभ्यर्थियों को पटना से गिरफ्तार किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोके जाने के फैसले से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार लिखता है दागी उम्मीदवार लड़ाएं तो जनता को तीन बार बतायें दैनिक जागरण की सुर्खी है पटना मेट्रो के निर्माण के लिए कॉरपोरेशन गठित दैनिक भास्कर लिखता है पूरे प्रदेश के लिए डॉयल एक सौ सेवा शुरू पुलिस की मदद के लिए कहीं से भी कर सकेंगे कॉल प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है थानों में ट्रांसफर और पोस्टिंग में सामाजिक संतुलन बनाये रखें राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है तीन तलाक अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका आज की सुर्खी है आधार की अनिवार्यता पर फैसला आज

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधूरी पड़ी मनरेगा योजनाओं की होगी जांच